मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना के पांच साल पूरे हुए

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सिविल जजों की सीधी भर्ती जिला जज के पद पर नहीं हो सकती है न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सिविल जज कोटे के तहत जिला जज के तौर पर नियुक्ति के पात्र नहीं हैं पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद दो सौ तैंतीस दो के अंतर्गत जिला जज के पद पर पात्रता के लिये वकालत में सात साल की प्रैक्टिस आवश्यक है साथ ही अन्य उम्मीदवारों की तरह उन्हें भी परीक्षा पास करने की शर्त पूरी करनी होगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को लागू करने को मंजूरी दे दी है यह कार्यक्रम दो हजार चौबीस पच्चीस तक जारी रहेगा और इसमें ओडीएफ प्लस कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केन्द्रित रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय किया गया कि इस कार्यक्रम को मनरेगा से जोड़ा जायेगा और इसके कार्यान्वयन में उन क्षेत्रों पर विशेष जोर होगा जहां पानी की भारी किल्लत है आज देशभर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नीस फरवरी दो हजार पंद्रह में आज ही के दिन मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था इस योजना के पांच वर्ष प्ररे हो चुके हैं इसके तहत दो चरणों में बाईस करोड़ से अधिक किसानों को मुदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए पहले चरण में किसानों को इक्यानवे लाख कार्ड जबकि द्रसरे चरण में दस करोड़ चौहत्तर लाख और द्रसरे चरण में दो हजार सत्रह से दो हजार उन्नीस तक लगभग बारह करोड़ मुदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए इस योजना का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि किसानों को मिट्टी की सेहत की जानकारी होनी चाहिए उन्होंने कहा था कि यदि मिट्टी सेहतमंद नहीं होगी तो कृषि उपज नहीं बढ़ेगी साउंड बाईट मुझे ये देखकर काफी खुशी है कि मेरे किसान भाई सॉइल हैल्थ कार्ड मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई सलाह पर अमल करने के लिए आगे आए हैं और जैसे जैसे परिणाम मिल रहे हैं उनका उत्साह भी बढ़ता जा रहा है और अब किसान को भी लग रहा है कि अगर फसल की चिंता करनी है तो पहले धरती मां का ख्याल रखना होगा और अगर धरती मां का हम ख्याल रखेंगे तो धरमी मां हम सबका ख्याल रखेगी कोरोना वायरस कोविड उन्नीस से निपटने की राज्यों की तैयारियों की समीक्षा के लिए दो केन्द्रीय दल बिहार नेपाल सीमा पर स्थित सीतामढ़ी और मधुबनी का दौरा कर रहा है इन दलों में दो दो चिकित्सक भी शामिल हैं केन्द्रीय दल के सदस्यों ने दोनों जिलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड उन्नीस के संदिग्ध मामलों के मिलने की स्थिति में किए जाने वाले उपायों के बारे में चर्चा की केन्द्रीय दल तेईस फरवरी तक राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर हालात का जायजा लेगा केन्द्रीय उपभोक्ता मामलो के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि इस वर्ष अप्रैल तक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कर दी जायेगी श्री पासवान ने नई दिल्ली में औद्योगिक संगठनों के साथ चर्चा के बाद कहा कि यह प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित सभी मामलों को देखेगा जिसमें भ्रामक विज्ञापन और मिलावटी सामान की बिक्री पर जुर्माना लगाना शामिल है उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के अंतर्गत एक शाखा होगी जो सभी मामलों के बारे में जांच करेगी श्री पासवान ने यह भी कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नियमों को डेढ़ महीने के अंदर अन्तिम रूप दे दिया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज अपने मंत्रालय की वार्षिक संदर्भ पुस्तक भारत दो हजार बीस और इंडिया दो हजार बीस का विमोचन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात में रविवार तेईस फरवरी को देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे ये मासिक कार्यक्रम की बासठवीं कड़ी होगी केन्द्रीय चयन पर्षद ने आठ मार्च को आयोजित होनेवाली बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का लिंक जारी कर दिया है अभ्यर्थी पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू सीएसबीसी डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन पर कल से अपना एडमिट कार्ड डाउलोड कर सकते हैं सिपाही भर्ती की इस परीक्षा में करीब छह लाख उम्मीदवार शामिल होंगे इससे पहले कल पर्षद ने परीक्षा केन्द्रों की सूची जारी की थी ये भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस में सिपाही के ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी पदों को भरने के लिए हो रही है गौरतलब है कि बीस जनवरी को होने वाली यह लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई थी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गया में कल से बिहार के जोड़ीदार राज्यों मिजोरम और त्रिपुरा की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झांकी दिखाई देगी तीन दिनों के इस कार्यक्रम में पचास सदस्यों का दल पूर्वोत्तर के राज्यों के लोक गीत शिल्प गायन और वादन के क्षेत्र में अपनी प्रस्तुतियां देगा नेहरू युवा केंद्र संगठन गया के डिस्ट्रिक्ट यूथ कॉर्डिनेटर अंजनी कुमार ने बताया कि यह राष्ट्रीय एकता शिविर अनेकता में एकता की भावना को मजबूत करेगा साउंड बाईट एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कार्यक्रम है उसमें हम चाहेंगे कि जोड़े जोड़ने का मतलब कि लोग त्रिपुरा मिजोरम से प्रतिमागी आये हैं हमारे कल्चर को यहां से सीखकर जायें कि हम कैसे रहते हैं समी हम एक भारत के निवासी हैं और अपनापन का फिलिंग वो लेकर जायें और यहां हमें देकर जायें काफी उत्सुक हैं ये पार्टिसिपेंट प्रतिभागियों का दल कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित है त्रिप्रा के अगरतला से आये रजत कुमार नाथ कहते हैं कि बिहार की संस्कृति लोक कला और खानपान के बारे में जानने के लिये यह बड़ा अवसर है

यहां का कार्यक्रम जो जानना है उसके बाद मुझे यहां का जो म्यूजियशन मिलेगा जो सिंगर वगैरह मिलेगा उसके साथ मुझे प्रैक्टिस करना है देखना भी है कि उनलोग केसे करता है

सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की ओर से पटना के पाटिलपुत्र खेल परिसर में आयोजित तीन दिवसीय अंतर सीमांत कुश्ती प्रतियोगिता आज सम्पन्न हो गयी पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के पास से सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवानों ने पचास किलो चरस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है जब्त चरस की कीमत बारह करोड़ रूपये से अधिक बतायी जाती है एसएसबी ने गिरफ्तार तस्करों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना को सौंप दिया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दो हजार चौदह के जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र खो गया है और रौल नम्बर नहीं है वे आयोग के कार्यालय में आवेदन देकर अपना रौल नम्बर जान सकते हैं अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में रजिस्ट्रेशन नम्बर नाम पिता का नाम जन्मतिथि और पता तथा मोबाईल नम्बर का उल्लेख करना होगा गौरतलब है कि परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद रौल नम्बर नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को रिजल्ट जानने में परेशानी हो रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन आज प्रदेश भर के विभिन्न केन्द्रों पर दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्वक और कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजित की गयी आज प्रदेश भर में विभिन्न केन्द्रों पर कदाचार के आरोप में चौवालीस परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया पटना उच्च न्यायालय ने वर्ष दो हजार सत्रह में पटना के गांधी घाट पर हुए नाव दुर्घटना मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है इस हादसे में चौबीस लोगों की मौत हो गयी थी मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी पटना जिले के बिक्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत नगहर मोड़ के पास पुलिस ने दो ट्रकों से नौ सौ कार्टन विदेशी शराब जब्त की है इस संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है दारोगा अभ्यर्थियों ने परीक्षा में कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पटना में भिखना पहाड़ी से जेपी गोलम्बर तक विरोध मार्च निकाला

मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना के पांच साल पूरे हुए